नमस्कार प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय

वह सिडनी में भारतीय समुदाय र्क लोगों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि भारत के प्रति वैश्विक निवेशकों का सबसे ज्यादा भरोसा है चार दिन की आस्ट्रेलिया यात्रा के पहले दिन आज सिडनी पहुंचने पर उन्होंने वहाँ के एंजेक स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और विजिटर्स बुक में आस्ट्रेलियाई नागरिकों के प्रति एकता का भाव व्यक्त किया एजेक स्मारक का निर्माण पहले विश्व युद्ध में आस्ट्रेलियाई इम्पीरियल सेना के शहीदों की याद में उन्नीस सौ चौतीस में किया गया था श्री कोविंद कल आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मारीसन के साथ बातचीत करेंगे इस दौरान वह पारस्परिक हितों के कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर करेंग श्री कोविंद आस्ट्रेलिया का दौरा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति हैं

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने इसका उदघाटन किया

फोचर फिल्म श्रेणी के तहत मलयालम फिल्म ओलू का प्रदर्शन किया गया इसका निर्देशन शाजी कारून ने किया है जबकि गैर फोचर फिल्म श्रेणी में फिल्म खरवास प्रस्तुत की गयी जिसे आदित्य सुहास झम्बाले ने निर्देशित किया है भारतीय पैनोरमा में देशभर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का शामिल किया जाता है और यह ऑचलिक सिनेमा तथा प्रतिभाशाली फिल्मकारो के लिए बेहतरीन मंच साबित हो रहा है छब्बीस फोचर फिल्मों में छः मलयालम पाँच हिन्दी पाँच बांग्ला चार तमिल दो मराठी और तेलुगू तुल लददाखो और जसारि की एक एक फिल्मे शामिल हैं जबकि गर फोचर फिल्मों में मराठी अंग्रेजी हिन्दी मलयालम उड़िया भोजपुरी और बांग्ला फिल्में शामिल हैं

इस प्रदर्शनी का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ आउटरीच और संचार विभाग के साथ मिलकर किया है इस अवसर पर श्री राठौड़ ने कहा कि यह एक बहुत ही भव्य प्रदर्शनी है प्रदर्शनी में प्रश्नोत्तरी खेल और संवाद का भी आयोजन किया गया है

श्री मोदी ने एक टवीट में कहा कि इस बार मन को बात विशेष है क्योंकि यह कार्यक्रम की पचासवीं कड़ी होगी उन्होंने नरेन्द्र मोदी मोबाइल ऐप पर लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है

एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से सुझाव सीधे प्रधानमंत्री तक भेजे जा सकते हैं प्रधानमंत्री इस विशेष कार्यक्रम के ज़रिये विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करते रहे हैं कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में पैतीस से ज्यादा संस्करण ऐसे हैं जिसमें श्री मोदी ने स्वच्छता के महत्व को रेखांकित करते हुए देशवासियों से इस अभियान को जन आन्दोलन बनाने पर ज़ोर दिया है प्रधानमंत्री के स्वच्छता के सन्देश से समाज में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिल रहा है और स्वच्छता का दायरा बढ़ा है

सरकार ने इस मामले में एकल पीठ द्वारा सीबीआई जाँच के आदेश को चुनौती देते हुए मांग की है कि इस आदेश को रद्द किया जाय

गौरतलब है कि एकल पीठ ने पिछली एक नवम्बर को आदेश दिया था कि शिक्षकों की चयन प्रक्रिया की जाँच केन्द्रीय जाँच ब्यूरो से करायी जाये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

श्री योगी ने कहा की सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित उपाय करते समय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों पर बेतरतीब खड़े ट्रक और अन्य मोटर गाड़ियां हादसे की बड़ी वजह हैं इन वाहनों की सड़क पर पार्किंग रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनायी जाय उन्होंने कहा कि हाइवे तथा सड़क बनाते समय रेस्टोरेन्ट और ढाबों के लिए सड़क से हटकर स्थान सुरक्षित किया जाना चाहिए उन्होंने लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सहित सड़क निर्माण से जुड़ी अन्य एजेंसियों से द्र्घटना सम्भावित क्षेत्रों में सड़क हादसे रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है

इस मौके पर पैगम्बर मोहम्मद साहब की ज़िन्दगी और उनकी शिक्षाओं को उजागर करने के लिए महफिल ए मोलाद और विविध कार्यक्रमों के आयोजन का क्रम जारी है

इस दौरान धर्मगुरूओं और इस्लामी विद्वानों ने हज़रत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं के साथ साथ उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला इन विद्वानों ने कहा कि उनकी शिक्षायें आज भी प्रासंगिक हैं इस मौके पर इस्लामी विद्वान मौलाना खालिद रशीद फिरंगो महली ने कहा कि हजरत मोहम्मद के शान्ति और मानवता के पैगाम को आत्मसात कर एक सभ्य और संस्कारित समाज की स्थापना की जा सकती है

उनकी शिक्षायें आज भी प्रासंगिक हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आशा जाहिर की है कि यह पर्व समाज में शान्ति और सदभाव को बढ़ाने के लिए नयी प्रेरणा देगा राज्य के विभिन्न भागों में ईद ए मीलाद उन नबी का उत्साह है फिरोजाबाद से हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट मज़हब ए इस्लाम के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद मिलाद उ नबी बड़ी अकीदत के साथ आज फिरोजाबाद में भी मनाया जा रहा है राहर सहित जिले के विभिन्न हिस्सों में इस मौके पर जुलूस निकाले गये कल रात से शुरू हुए मिलाद और जलसो के आयोजन का सिलसिला अव भी जारी है

अमरोहा में मोहम्मद साहब का जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है आज सुबह मुख्य जुलूस शहर के मुख्य मार्गो से गुजरता हुआ टाउन हाल परिसर में सम्पन्न हो गया

उधर बरेली शहर के पुराने और नये इलाकों में जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया शहर में निकाले जाने वाले इस पारम्परिक जुलूस में ेतीन सौ से ज्यादा अंजुमनों ने हिस्सा लिया यह जुलूस नगर के कुहारा पीर चौराहे से शुरू होकर दरगाह आला हज़रत पर खत्म हुआ हमीरपुर में जुलूस ए मोहम्मदी पर हिन्दू भाइयों ने फूलों की वर्षा कर साम्प्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की